मुख्यमंत्री आज एमीरेट्स एयरलाइन समूह के चेयरमेन और चीफ एक्जीक्यूटिव एचएच शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम से इन्दौर दुबई एमीरेट्स फ्लाइट चालू करने और मध्यप्रदेश में निवेश संबंधी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शाम को जुमेराह एमीरेटस टॉवर में एशियन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड समारोह में शामिल होंगे

मुख्यमंत्री यूएई में फ्रेंडस आफ एमपी सहित आधा दर्जन प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे

इससे पहले कल भी सीबीआई ने देश के एक सौ उन्हत्तर स्थानों पर छापामार कार्रवाई की थी समर्थन मूल्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीदी के लिए पंजीयन की आज आखिरी तारीख है अंतिम तिथि पहले दो बार बढ़ाई जा चुकी है खंडवा जिला आपूर्ति अधिकारी आरके शुक्ला ने किसानों से अपील की है कि वे अपना पंजीयन आवश्यक रूप से करा लें पंजीयन के लिए कृषक एमपी किसान एप या ई उपार्जन एप और एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर पंजीयन करा सकते है

प्रसार भारती अध्यक्ष प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि मीडिया को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करने पर ध्यान देना चाहिए आज कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीडिया कॉन्वलेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को शौचालय पीने के साफ पानी परिवहन गैस कनेक्शन जैसी आम लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक किस तरह पहुंच रही हैं इसका अध्ययन भी मीडिया को गहराई से करना चाहिए उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया सरकार गठन पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कल आगरमालवा में कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी

श्री अहीर ने हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या मामले पर न्यायालय का जो भी फैसला आता है उसको सभी को स्वीकार और सम्मान करना चाहिये वे कल आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के दर्शन करने आये थे सेना भर्ती सेना में भर्ती के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान पर कल से भर्ती रैली शुरू होगी

भोपाल स्थित सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोल्जर सामान्य टेक्निकल नर्सिंग सोल्जर क्लर्क सोल्जर ट्रेडमेन सोल्जर फार्मा आदि पदों के लिए यह भर्ती होगी ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक ही इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं स्वास्थ्य अभियान कम उम्र में हदयघात डायबिटीज कैंसर ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों से बचाव के लिये होशंगाबाद जिले में इन दिनों निरोगी काया अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज शहर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों के साथ दौड़ लगाई

अभियान के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बीमारियों से बचने के लिए लोगों को सुबह की सैर प्राणायाम योग खेलकूद के लिये प्रोत्साहित भी किया जा रहा है मौसम अरब सागर से उठा चकवात महा अपना रास्ता बदल चुका है अब यह गुजरात के दक्षिण तटीय भागों की ओर बढ़ता दिख रहा है मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह तक यह पोरबन्दर के आस पास पहुंच जायेगा इसका असर से मध्यप्रदेश के मौसम में भी बदलाव आयेगा